छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए अंत्योदय बीपीएल और एपीएल राशन कार्डधारी परिवारों के पात्र लोगों के टीकाकरण के लिए अलग अलग केन्द्र बनाए गए हैं प्रदेश में पहले दिन इस आय वर्ग के सत्ताईस हजार एक सौ अड़सठ लोगों ने कोरोना टीका लगवाया इसी कड़ी में रायपुर जिले में आज इसी आयू वर्ग के लोगों के टीकाकरण के लिए आठ केन्द्र बनाए गए हैं वैक्सीनेशन के लिए नोडल अधिकारी की नियुक्ति की गई है सुबह आठ बजे से नौ बजे तक टीकाकरण के लिए पंजीयन किया जाएगा पहले आओ पहले पाओ के आधार पर लोगों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है वहीं बिलासपुर जिले में भी अट्ठारह से चवालीस वर्ष आयु वर्ग के सभी लोगों का कोरोना वैक्सीनेशन शुरू हो गया है बिलासपुर नगर निगम क्षेत्र में इसके लिए पांच टीकाकरण केन्द्र बनाए गए हैं कलेक्टटर डॉक्टर सारांश मित्तर ने शहरी स्वास्थ्य केन्द्र तिफरा स्थित टीकाकरण केन्द्र में जाकर व्यवस्था का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए उधर दूर्ग जिले में भी अट्ठारह वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण शुरू हो गया है कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेन्द्र भूरे ने भिलाई नगर निगम क्षेत्र के कोसानगर स्थित टीकाकरण केन्द्र का निरीक्षण किया इधर राजनांदगांव में भी आज से अट्ठारह वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण प्रारंभ हो गया है नगर निगम सीमा क्षेत्र में आठ टीकाकरण केन्द्र बनाए गए हैं जहां पहले दिन यूवाओं में टीकाकरण को लेकर काफी उत्साह देखा गया वहीं महासमुंद जिले में भी अट्ठारह वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण आज से प्रारंभ हो गया है जिले में टीकाकरण को लेकर युवाओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है कलेक्टर डोमन सिंह ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि कोरोना का टीका पूरी तरह से सुरक्षित है कोरोना से बचाव के लिए सभी पात्र व्यक्ति टीका जरूर लगवाएं इस बीच संसदीय सचिव और विधायक रश्मी आशीष सिंह ने कहा है कि कोरोना से सुरक्षा के लिए अब अट्ठारह वर्ष आयु के ऊपर लोगों का टीकाकरण शुरू हो गया है उन्होंने लोगों से अपील की है कि पात्र व्यक्ति स्वयं परिवार और समाज की सुरक्षा के लिए कोरोना का टीका अवश्य लगावाएं कोरोना समाचार छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या आठ लाख तीस हजार से अधिक हो गई है कल प्रदेश में तेरह हजार छह सौ अटठाईस नये कोरोना संक्रमित मरीज मिले वर्तमान में एक लाख इकतीस हजार से अधिक मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में चल रहा है प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण की वजह से दो सौ आठ लोगों की मृत्यु हुई है इन्हें भिलाकर प्रदेश में कोरोना संक्रमण से होने वाली मौतों की संख्या दस हजार के पार पहुंच गई है इस बीच दुर्ग जिले के जामुल में बयानवे साल और नब्बे साल की दो बुजुर्ग महिलाओं ने कोरोना को हराया और अब वे पूरी तरह स्वस्थ होकर अपने घर पहंच गई है उधर राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कोरबा जिला अस्पताल के नये भवन में पैंतीस ऑक्सीजन युक्त बेड वाले कोविड अस्पताल की शुरूआत की जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मरीजों को इस अस्पताल से अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी अस्पताल में सेंट्रल ऑक्सीजन प्रणाली के तहत पच्चीस बिस्तरों पर अभी ऑक्सीजन आपूर्ति की सुविधा है वहीं दस बिस्तरों पर सिलेंडर लगाकर मरीजों को ऑक्सीजन दी जा सकेगी इधर जांजगीर चांपा जिले में स्थित मड़वा पावर प्लांट के सांस्कृतिक भवन में सौ बिस्तरों वाला ऑक्सीजन युक्त कोविड केयर सेंटर बनाया जा रहा है कलेक्टर यशवंत कमार ने इस सेंटर की तैयारियों को जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए ताकि कोरोना संक्रभित मरीजों को गुणवत्ता युक्त इलाज की सुविधा मिल सके

उधर अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में चौव्वन माह का कोर्स करने के बाद पहले बैच के चौरानवे विद्यार्थियों में से नब्बे विद्यार्थी उत्तीर्ण हो गए हैं ये सभी छात्र अब कॉलेज के अस्पताल में ही वरिष्ठ डॉक्टरों के साथ एक साल इंटर्नशिप करेंगे इससे अस्पताल में मरीजों को इलाज की सुविधा मिलेगी वहीं पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति आयुष विश्वविद्यालय द्वारा एमबीबीएस अंतिम वर्ष के परिणाम घोषित किए गए हैं जिसमें नौ सौ ग्यारह विद्यार्थी उत्तीण हुए हैं एमबीबीएस उत्तीर्ण विद्यार्थियों को इंटर्नशिप के लिए विभिन्न मेडिकल कॉलेज सहित शासकीय अस्पतालों में भेजा जाएगा इधर महासमुंद जिले में कोरोना के लक्षण वाले व्यक्तियों को तालाबों में निस्तारी नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं कलेक्टर डोमन सिंह ने जिले के ग्राम नरतोरा मुनगासेर और ढांक का निरीक्षण किया और ग्रामीणों को अनावश्यक रूप से घरों से बाहर नहीं निकलने की समझाईश दी इस बीच हैदराबाद के नेहरू जुलाजिकल पार्क में आठ एशियाई शेरों के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद भिलाई इस्पात संयंत्र के भैत्री बाग में भी सतर्कता बररते हुए कर्मचारियों द्वारा पीपीई किट पहनकर शेरों की देखभाल की जा रही है कोरोना समीक्षा सीएम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति को ध्यान में रखते हुए शादी और दशगात्र के कार्यक्रमों में दस दस लोगों को ही शामिल होने की अनुमति दी गई है उन्होंने समी जिला कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि इन कार्यक्रमों में निर्घारित संख्या से अधिक लोग शामिल न हों इसके लिए वे अपने अपने जिले में सख्त निगरानी रखें और इन कार्यक्रमों में कोविड अनुकूल व्यवहार का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराएं मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा नियमों के पालन के लिए वे अपने क्षेत्र के समाज प्रमुखों की बैठक लेकर आवश्यक समझाइश दें कि इन कार्यक्रमों में निर्धारित संख्या से अधिक लोग शामिल न हों मुख्यमंत्री ने रायपुर में आयोजित वर्चुअल बैठक में मंत्रियों सहित ज्यादा संक्रमित वाले ग्यारह जिलों के अधिकारियों के साथ चर्चा करते हुए कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा की

मुख्यमंत्री ने आज अपने निवास कार्यालय में आयोजित वर्च्अल बैठक में राजनांदगांव और कबीरधाम जिला सहित बस्तर संभाग के अधिकारियों से भी कोरोना के बचाव और टीकाकरण के संबंध में चर्चा की इस दौरान उन्होंने कोरोना से बचाव के लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए

कल सात मई को प्रदेश में सर्वाधिक इकसठ हजार नौ सौ उनचालीस सैम्पलों की जांच की गई है

प्रदेश में अब तक कूल अठहत्तर लाख पैंतालीस हजार से अधिक सैम्पलों की जांच की जा चुकी है छत्तीसगढ़ में रोजाना प्रति देस लाख की आबादी पर कोरोना जांच की संख्या राष्ट्रीय औसत से काफी ज्यादा है छत्तीसगढ़ में जहां प्रतिदिन प्रति दस लाख की आबादी पर दो हजार एक सौ सोलह सैम्पलों की जांच हो रही है वहीं राष्ट्रीय स्तर पर इसका औसत तेरह सौ उनचास है इस बीच सुकमा जिले में आंधप्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर प्रशासन द्वारा लोगों की लगातार निगरानी और कोरोना जांच की जा रही है इस दौरान तीन सौ छियासठ लोगों की कोरोना जांच में दस लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई वहीं महासमुंद जिला प्रशासन ने सब्जी दूध किराना सहित आवश्यक सेवा प्रदान करने वाले लोगों का कोरोना जांच कराने का निर्णय लिया है

इसी कडी में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आहवान पर दर्ग ंजिले में भी शरू की गई पंडित दीनदयाल उपाध्याय रसोई से प्रतिदिन सैकड़ो जरूरतमंदों को भरपेट भोजन कराने के साथ हो सूखा राशन का भी वितरण किया जा रहा है वहीं नारायणपुर जिले के ग्राम सुलेंगा में रेडक्रास सोसायटी द्वारा कोरोना को लेकर जनजागरूकता अभियान चलाया गया इस दौरान लोगों के ऑक्सीजन लेवल और तापमान की जांच भी की गई इधर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने सूरजपूर जिले में स्थित कोविड केयर सेंटर के लिए अपने स्वेच्छा अनुदान मद से तीस कलर और साठ पंखे प्रदान किए हैं इससे अब इस सेंटर में आने वाले मरीजों को गर्मी से राहत मिलेगी यहां जिला अस्पताल में सौ बिस्तरों वाले कोविड केयर सेंटर स्थापित कर मरीजों का उपचार किया जा रहा है उघर बिलासपुर नगर निगम क्षेत्र में लॉकडाउन के दौरान असहाय और गरीब व्यक्तियों को राशन उपलब्ध कराने के लिए डोनेशन ऑन व्हील्स की शुरूआत की गई है इसके तहत दानदाताओं से राशन एकत्रित कर उसे जरूरतमंद लोगों तक पहंचाय जाएगा इस बीच पूर्व मंत्री और भाजपा के नेता ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा है कि प्रदेश भाजपा द्वारा कोरोना पीडितों की मदद की जाएगी कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज ऑक्सीजन दवा और भोजन सुविधा उपलब्ध कराने में भाजपा के कार्यकर्ता सहायता करेंगे

एनटीपीसी के ँविद्युत प्रमुख के मुताबिक छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश के सभी स्टेशनों और परियोजनाओं ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अपना समर्थन प्रदान करने के लिए जिला प्रशासन के साथ सहयोग किया है पिछले साल लॉकडाउन के दौरान बिजली क्षेत्र के कर्मचारियों ने यह सुनिश्चित किया कि बिजली का उत्पादन राष्ट्रीय ग्रिंड में सुचारू रहे और घरों में बिजली तथा समी आपातकालीन सुविधाए निर्दाध रूप से जारी रहें वहीं एनटीपीसी सीपत द्वारा जिला प्रशासन को पीपीई किट और वेंटिलेटर खरीदने तथा मस्तूरी में कोविड केयर सेंटर स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई है इसी तरह एनटीपीसी कोरबा स्टेशन द्वारा कोरबा जिला कोविड अस्पताल के लिए सीटी स्कैन मशीन प्रदान की गई है एनटीपीसी लारा ने भी वेंटिलेटर खरीदने के लिए कलेक्टर रायगढ़ को वित्तीय सहायता प्रदान की है इसके अलावा मध्यप्रदेश में स्थापित एनटीपीसी गाडरवारा और खरगोन स्टेशन भी कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं किसान न्याय योजना प्रदेश के किसानों को पिछले साल की तरह ही इस साल भी राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत फसल उत्पादकता प्रोत्साहन राशि की पहली किश्त आगामी इक्कीस मई को प्रदान की जाएगी कषि मंत्री रविन्द्र अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडलीय उप समिति की वर्च्अल बैठक में यह अन्शंसा की गई है चौबे की उप समिति के अनुशंसा पर अंतिम फैसला कैबिनेट की बैठक में लिया जाएगा बैठक में खरीफ वर्ष दो हजार इक्कीस में किसान न्याय योजना के दायरे को बढ़ाने को लेकर भी चर्चा की गई बैठक में यह निर्णय लिया गया कि खरीफ सीजन दो हजार इक्कीस में प्रदेश में धान गन्ना और मक्का के साथ साथ दलहन तिलहन कोदो कुटकी रागी रामतिल आदि की खेती करने वाले किसानों को भी इस योजना के तहत लाभावित किया जाएगा किसानों को खरीफ फसलों की खेती के लिए यह प्रोत्साहन राशि दिए जाने का प्रस्ताव कृषि विभाग द्वारा तैयार किया गया है गौरतलब है कि इस योजना के तहत किसानों को फसल उत्पादक प्रोत्साहन राशि पिछले वर्ष चार किश्तों में दी गई थीं रासायनिक खाद कृषि मंत्री प्रदेश के कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने रासायनिक उर्वरकों के दामों में वृद्धि किए जाने पर चिंता जताई है उन्होंने केन्द्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री से रासायनिक उर्वरक कंपनियों द्वारा की गई इस मूल्य वृद्धि पर रोक लगाए जाने का आग्रह किया है श्री चौबे ने कहा है कि अभी रबी सीजन में डीएपी खाद किसानों को बारह सौ रूपए प्रति बोरी की दर पर उपलब्ध कराई गई थी आगामी खरीफ सीजन दो हजार इक्कीस में इसका मूल्य बढ़ाकर उन्नीस सौ रूपए कर दिया गया है

माओवादी समाचार सुकमा जिले में सुरक्षा बलों ने सर्चिंग के दौरान दो माओवादियों को गिरफ्तार किया है सीआरपीएफ और जिला पूलिस बल की संयुक्त टीम भेज्जी थाना क्षेत्र के चिंताग्फा और एलाइमड़ग् इलाके में सर्चिंग पर निकली थी इसी दौरान दोनों माओवादियों को पकड़ा गया गिरफ्तार किए गए माओवादियों पर विभिन्न हिंसक वारदातों में शामिल होने का आरोप है इस बीच दक्षिण बस्तर में पच्चीस लाख रूपए की इनामी महिला माओवादी सुजाता सहित पचास से अधिक माओवादियों के कोरोना संक्रमित होने के समाचार मिले हैं मौसम मौसम में आए अचानक बदलाव के कारण बीते चौबीस घंटो के दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में अंघड के साथ बारिश होने के समाचार मिले हैं राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में बीती रात आंधी तूफान के साथ हुई तेज बारिश से कई पेड़ और बिजली के खंभे गिर गए वहीं राजनांदगांव जिले के सहसपूर दल्ली में आकाशीय बिजली गिरने से दो मवेशियों की मौत हो गई मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार एक द्रोणिका पश्चिम मध्यप्रदेश से उत्तर अंदरूनी कर्नाटक तक स्थित है साथ ही एक चक्रीय चक्रवाती घेरा पूर्वी उत्तरप्रदेश और उससे लगे बिहार के ऊपर बना हुआ है इसका असर छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रहा है इसके प्रभाव से प्रदेश में आगामी चौबीस घंटों के दौरान एक दो स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है वहीं कुछेक स्थानों पर अंधड़ के साथ आकाशीय बिजली भी गिर सकती है संक्षिप्त समाचार कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने वरिष्ठ पत्रकार और समाजसेवी होरीलाल सिहोरे की सड़क दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए उन्हें श्रद्वांजलि अर्पित की है महासमुद जिला जेल ब्रेक के मामले में फरार पांचवां कैदी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है आईजी ने महासमुंद पुलिस को तीस हजार रूपए नगर इनाम देने की घोषणा की है दुर्ग जिले में कुम्हारी थाना क्षेत्र के ग्राम कंडरका पुलिया के पास द्रक ने मोटर साइकिल सवार एक दंपत्ति को टक्कर मार दी इस हादसे में दो माह के बच्चे और उसकी मां की मौत हो गई